भाजपा का संगठन चुनाव टला

मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम से लगभग ग्यारह लाख सड़सठ हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा और सोन नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है गंगा के जलस्तर में हर दो घंटे पर एक सेंटीमीटर की व्रद्धि दर्ज की गयी है इसके मद्देनजर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पटना में वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार से बात कर सारा पानी एक साथ नहीं छोड़े जाने को कहा है इधर गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर भागलपुर तक कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है भागलपुर के शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है राष्ट्रीय राजमार्ग अस्सी पर इंग्लिश फरका के पास कटाव बढ़ने के कारण कहलगांव से सबौर के बीच भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है वहीं कोसी ब्रूढ़ी गंडक बागमती समेत उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव तक अमित शाह को भाजपा अध्यक्ष बनाये रखने का फैसला लिया गया है इसके लिए लोकसभा चुनाव तक संगठन चुनावों को टाल दिया गया है नई दिल्ली में चल रही दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस आशय का प्रस्ताव रखा जिस पर कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति दी है गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकाल तेईस जनवरी दो हजार उन्नीस को समाप्त हो रहा है इससे पहले कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अजेय भाजपा का नारा देते हुये विपक्षी दलों के महागठबंधन को दिखावा भ्रांति और झूठ पर आधारित बताया है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता को इसकी असलियत बतायें आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करेंगे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सीवान में कार्यरत ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता राम प्रवेश साह के पटना औरंगाबाद और सीवान के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की सम्पत्ति जब्त की है विभाग ने कार्यपालक अभियंता के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया है छापेमारी में एक लाख पचहत्तर हजार रूपये नकद और बैंकों में खाते मिले हैं सुजन घोटाला मामले के आरोपियों के भागलपूर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्य रूप से लगभग छह आरोपियों के उन्नीस ठिकानों पर तीन दिनों से लगातार छापेमारी चल रही है इस दौरान मिले महत्वपूर्ण कागजातों और बैंक खातों के आधार पर विभाग ने घोटाले से जुड़े लगभग अठारह व्यापारियों की सूची तैयार की है इन कारोबारियों ने बिना हिसाब के मोटी रकम का लेनदेन किया है सूत्रों ने बताया कि उन व्यापारियों के कई बैक खाता के संचालन पर रोक लगा दी गई है और उनके लॉकरों मे रखे आभूषणों को भी सील करने का निर्देश दिया गया है इसके अलावा संबंधित बैकों को लिखित रूप से सूचित कर खाता और लॉकर के सिलसिले में स्टेटमेंट मांगा गया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में निरक्षरता समाप्त करने में बच्चों की अहम भूमिका है नई दिल्ली में बावनवें अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह को संबोतिध करते हुये श्री जावड़ेकर ने सभी विद्यार्थियों से आगे आने और अपने परिवार के निरक्षर सदस्यों को पढ़ाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है महिला और बाल विकास मंत्रलाय ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार अठारह के लिए नाम आमंत्रित किये हैं नामांकन इस महीने की तीस तारीख तक भरे जा सकते हैं ये पुरस्कार बच्चों को बहादुरी नवाचार शैक्षिक खेल कला संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिये जाते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अन्तर्गत एक पदक प्रशस्ति पत्र और एक लाख रूपये की नकद राशि तथा दस हजार रूपये तक के किताब खरीदने के लिए कूपन प्रदान किये जाते हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के सभी शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अब हर महीने वेतन का भुगतान किया जाएगा श्री मोदी ने पटना में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के तीन चार महीने विलम्ब से हो रहे वेतन भुगतान की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कि सभी शिक्षकों और कर्मियों को प्रति माह नियमित वेतन भुगतान करने के निर्देश दिये श्री मोदी ने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए मंत्रिपरिषद ने वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के प्रारंभ में ही एकमुश्त राशि की स्वीकृति दे दी है इसलिए शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए अब हर बार आवंटन के लिए वित विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है राज्य में बालू खनन का कार्य एक अक्टूबर से शुरू हो जोयगा

सभी जिलों में बालू वाले नदी घाटों की बंदोबस्ती के लिए व्यवस्थित तरीके से टेंडर निकाले जायेंगे खान और भू तत्व विभाग ने कहा है कि इसके लिए पांच सदस्यीय कमीटी का पुर्गठन किया गया है साथ ही बंदोबस्ती के लिए सुरक्षित जमा राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायणपीपर गांव के गोरिया धर्मशाला के पास तीन अपराधियों की पीट पीट कर हत्या मामले में छह नामजद और एक सौ पचास अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है वहीं लापरवाही बरतने के कारण छौड़ाही ओपी प्रभारी सींटू कुमार झा को निलंबित कर दिया गया है इधर पुलिस महानिदेशक एसके द्विवेदी ने प्राथमिक विद्यालय नारायण पीपर की प्रधानाध्यापिका नीमा देवी की सुरक्षा के आदेश दिये हैं पश्चिम चम्पारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पांच अपराधियों को बड़ी संख्या में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है

पटना में खेली जा रही राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल चौंपियनशिप में ओडिशा ने पश्चिम बंगाल को एक शून्य से पराजित कर चौंपियनशिप के लिए क्वालिफाइ कर लिया है इधर दूसरी टीम का फैसला आज झाखरंड और स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया साईं के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगा दोनों टीम के छह छह अंक हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शाह बोले दो हजार चौदह से अधिक सीटे लाकर दो हजार उन्नीस में सरकार बनायेंगे एससी एसटी एक्ट पर भ्रम दूर करेगी भाजपा दैनिक भास्कर की सुर्खी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव भाजपा का संगठन चुनाव टला शाह लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहेंगे दैनिक जागरण लिखता है अब एमवीआर के आधार पर नहीं होगा पारिवारिक बंटवारे दस्तावेज का निबंधन प्रभात खबर ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है गंगा का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर में घुसा पानी आज अखबार की सुर्खी है तिरसठवीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी

भाजपा का संगठन चुनाव टला